प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की अवधि अगले छह महीने के लिए बढ़ायी गई कोविड से संघर्ष में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा लाभ

झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर सतहतर दशमलव दो शून्य प्रतिशत पहुंच गई है कल एक हजार छह सौ अड़तीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छटटी दे दी गई इसी के साथ राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर उन्वास हजार सात सौ पचास पहच गई है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या चौदह हजार एक सौ अठारह है वहीं दूसरी ओर राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक हजार सात सौ दो नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर चौंसठ हजार चार सौ उन्वालीस पहंच गई है राज्यभर में कल कोरोना से आठ लोगों की मौत हो गई इसी के साथ राज्य में अबतक कोरोना से मरने वालों की संख्या पांच सौ इकहतर पहुंच गई है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

इस समय देश में इस संक्रमण से मरने वालों की दर एक दशमलव छह तीन प्रतिशत रह गई है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों में आरटी पीसीआर और रैपिड एंटीजन जांच क्षमता बढ़ाई गई है मंत्रालय ने ट्वीट में कहा कि प्रत्येक दिन सरकारी प्रयोगशालाओं में औसतन साढ़े नौ लाख और निजी प्रयोगशालाओं में एक लाख बीस हजार से अधिक नमनों की जांच की जा रही है इस गति से परीक्षण में भारत अमरीका से आगे निकल जाएगा मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को रैपिड एंटीजन टेस्ट में निगेटिव आए नमूनों की अनिवार्य रूप से आरटी पीसीआर जांच कराने को कहा गया है राज्य सरकार ने कोरोना जांच की दर में संशोधन किया है इसके तहत अब निजी लैब में कोरोना की जांच कराने पर एक हजार पांच सौ रुपए ही देने होंगे इससे पहले मरीजों को दो हजार चार सौ रुपए चुकाने पड़ते थे आरटी पीसीआर मशीन से कोरोना जांच में इस्तेमाल की जाने वाली किट की कीमत में गिरावट आने के कारण इस दर में संशोधन किया गया है

उस समय किट की कीमत अधिक थी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

इसके तहत एक लाख नमूनों की जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस विशेष अभियान के तहत रांची धनबाद पूर्वी सिंहभूम कोडरमा रामगढ़ सरायकेला हजारीबाग बोकारो देवघर और सिमडेगा में कोरोना की जांच की जा रही है

इसे लेकर कल एडीएम लॉ एंड ऑर्डर लोकेश मिश्रा और एसडीएम समीरा एस ने स्पेशल टेस्टिंग ड्राइव के लिए बनाई गई टीमों को सैंपल कलेक्शन और मास टेस्टिंग के संबंध में जरूरी निर्देश दिए स्पेशल रैपिड टेस्टिंग ड्राइव के लिए बनाई गई टीम में लैब टेक्नीशियन एमपीडब्ल्यू डाटा एंट्री ऑपरेटर एएनएम आदि शामिल हैं

इस योजना में निजी अस्पताल के कर्मचारी सेवानिवृत्त स्वयंसेवक स्थानीय शहरी निकाय अनुबंध या दैनिक वेतनभोगी तदर्थ और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं

लोहरदगा जिला को कुपोषण मुक्त बनाने को लेकर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन पोषण माह के तहत किया जा रहा है

झारखंड स्टेट लाइवलीहड प्रोमोशन सोसाइटी जेएसएलपीएस की ओर से गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण की जानकारी दी गई इस मौके पर जेएसएलपीएस के बीपीएम नीरज सिंह ने महिलाओं को पौष्टिक आहार से संबंधित जानकारी दी

इस दौरान उन्होंने महापुरुषों की प्रतिमाएं साफ की और गांव मोहल्लों और चौक चौराहे पर झाड़ लगाया कार्यकर्ताओं ने लोगों को याद दिलाई कि प्रधानमंत्री मोदी सफाई के प्रति वैसे ही सजग हैं जैसे महात्मा गांधी हुआ करते थे धनबाद स्थित एसएसएलएनटी कॉलेज की छात्राओं द्वारा कॉलेज कैंपस के बाहर भीड़ लगाए जाने पर कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति ने सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया साथ ही कॉलेज कैंपस के बाहर लगे ठेले खोमचे वाले को भी फटकार लगाई और जल्द हटाने का निर्देश दिया चतरा के जिला आपूर्ति पदाधिकारी विपिन दुबे ने कहा है कि राशन कार्ड के नाम पर वसूली करने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी श्री दुबे ने कहा कि वैसे व्यक्ति जो बिल्कुल लाचार हों और जिसके पास राशन कार्ड ना हो वैसे व्यक्ति का राशन कार्ड तुरंत बनाया जाएगा उन्होंने बताया कि आदिम जनजाति बिरहोर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग बुजुर्ग व असहाय परिवारों को राशनकार्ड उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है इसके लिए इच्छुक व्यक्ति प्रज्ञा केंद्र से अपना आवेदन ऑनलाइन करा सकते हैं खूंटी जिले के गुटजोरा पंचायत के कई गांवों में राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उपायुक्त से शिकायत की गई है इसे लेकर आसपास के ग्रामीणों ने जिले के उपायुक्त शशि रंजन को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की गई है ग्रामीणों ने राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए डीलरशिप रदद करने की मांग की है

जिन रेलगांडियों में प्रतीक्षा सूची लंबी होती है और मांग अधिक होती है उसके लिये एक और ट्रेन चलायी जाती है जिसे क्लोन ट्रेन कहा जाता है नई घोषित क्लोन ट्रेन निर्दिष्ट् समय पर चलेंगी और पूरी तरह आरक्षित होंगी संक्षिप्त खबरें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तीन दिवसीय द्मका दौरे का आज अंतिम दिन है इस दौरान मुख्यमंत्री डीएमसीएच में ऑपरेशन थियेटर का उद्घाटन करेंगे वहीं हरिहरपुर पंचायत स्थित प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण भी करेंगे